आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पूरे देश ने एकजुट होकर कोरोना महामारी से मुकाबला किया है उन्होंने कहा कि आज भारत में ठीक होने की दर अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है और मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है प्रधानमंत्री ने माना कि कई स्थानों पर कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और ऐसे में सभी को ज्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है उन्होंने एक बार फिर लोगों से अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखने लगातार हाथ धोने मास्क लगाने और दो गज की दूरी के नियम का पालन करने की अपील की है प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद जवानों को भी श्रद्वांजलि दी सात अगस्त को मनाए जाने वाले हथकरघा दिवस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का हैंडलूम और हस्तशिल्प अपने आप में सैंकड़ों वर्षो का गौरवमयी इतिहास समेटे हुए है विजय दिवस राष्ट्र आज कारगिल विजय दिवस पर युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है

इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में नागा रेजिमेंट के कारगिल युद्ध नायकों से बातचीत की उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना के बलिदान और संकल्प के प्रति देशवासी सदैव ऋणी रहेंगे राज्यपाल ने कहा कि कारगिल युद्ध में प्रदेश के जवानों ने भी अदभुत साहस और प्रतिबद्धता का परिचय दिया इस बीच कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए मंडी में हुए मुख्य समारोह को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि ये दिन उन वीर जवानों के प्रति समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सेवानिवृत सैनिकों के बैकलॉग कोटे को भरने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सैनिक कल्याण बोर्ड को भी सुदृढ़ बनाया जाएगा प्रदेश के अन्य जिलों में भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई

केन्द्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ये जानकारी दी है उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाले धन का इस्तेमाल पूरी तरह से गांवों के विकास के लिए हो

ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समाज के हर वर्ग को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है

ज़िले में कई स्थानों पर पौधरोपण अभियान शुरू कर दिया गया है मिंजर मेला चम्बा ज़िला मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज शुभारम्भ किया कोरोना संकट के चलते इस बार इस उत्सव में केवल रस्म अदायगी ही की गई इस दौरान चम्बा शहर में एक शोभा यात्रा भी निकाली गई इस बार उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यावसायिक गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी